प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती महिलाओं का सही पोषण सुनिश्चित बनाने में बनी मददगार वॉकआउट प्रदेश विधानसभा में विपक्ष ने आज एक बार फिर सदन से वॉकआउट किया

प्रश्नकाल के तुरंत बाद कांग्रेस विधायक नंदलाल ने मंडी जिले के बल्ह क्षेत्र में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति के घर में देवता के समारोह के दौरान तोड़ फोड़ चूल्हे में पानी डालने और भोज की खाद्य सामग्री को नष्ट करने का मुद्दा उठाया

उन्होंने सरकार पर अनुसूचित जाति के लोगों पर हो रहे अत्याचार को लेकर संवेदनशील न होने का आरोप लगाया इस मुद्दे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधायकों को शांत करने का प्रयास किया और ऐसी घटनाओं की कड़ी निंदा की मुख्यमंत्री ने कहा कि बल्ह में घटित घटना को लेकर पीड़ित व्यक्ति से जाति प्रमाण पत्र मांगा गया है और यह प्रमाण पत्र उपलब्ध होने पर एफआईआर दर्ज होते ही आगामी कार्रवाई की जाएगी उन्होंने यह भी कहा कि सरकार भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी शिवरात्रि में एक भोज के दौरान अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ घटित घटना में कांग्रेस का पदाधिकारी दिलेराम शामिल है और उसे गिरफ्तार किया गया है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष के वॉकआउट की निंदा की और कहा कि पूरे विपक्ष में हताशा दिख रही है और विपक्ष महज सुर्खियों में बने रहने के लिए वॉकआउट का सहारा ले रहा है संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विपक्ष पर तानाशाही करने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि विपक्ष में जनता के मुद्दे न उठाकर सदन से बाहर जाने की होड़ लगी है इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने विपक्ष के आरोपों पर कहा कि सदन में विपक्ष की आवाज नहीं दबाई जा रही है और उसे हर मुद्दा उठाने के लिए पर्याप्त समय दिया जा रहा है उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बल्ह में अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ घटित घटना के मामले में विपक्ष ने कोई नोटिस नहीं दिया था इसके बावजूद विपक्ष को मुद्दा उठाने का समय दिया गया विपिन परमार ने कहा कि प्वाइंट आफ आर्डर नियमों की अवहेलना को लेकर होता है न कि चर्चा के लिए

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने प्रश्नकाल के दौरान विधायक सुखविंद्र सिंह सुक्खू के मूल सवाल के जवाब में ये बात कही

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार डेंटल डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु नहीं घटाएगी इसी मुद्दे पर भाजपा सदस्य राजीव बिंदल ने भी प्रशिक्षु डेंटल डॉक्टरों के लिए डेंटल कालेजों में एक साल का प्रशासनिक सेवा का कोचिंग कोर्स आरंभ करने का सुझाव दिया पच्छाद की विधायक रीना कश्यप के प्रश्न पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में राजनीतिक मकसद से स्वास्थ्य संस्थान खोले गए और उनमें स्टाफ की तैनाती का कोई प्रावधान नहीं किया गया मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आने वाले एक डेढ़ वर्ष में राज्य के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी खत्म हो जाएगी

बल्ह के विधायक इंद्र सिंह के एक सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि आईटीआई बल्ह की स्थापना के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है उन्होंने कहा कि आईटीआई भवन पर अगले दो से तीन माह में कार्य शुरू कर दिया जाएगा

इस स्टे पर हाईकोर्ट का फैसला आने पर ही सरकार अगली कार्रवाई करेगी विधायक हर्षवर्धन चौहान के एक सवाल पर शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि डलहौजी शहर के सौंदर्यीकरण के लिए एशियन विकास बैंक से पार्किंग के पांच प्रोजेक्ट वित्तपोषित करने का मामला विचाराधीन है विधायक हीरा लाल आशा कुमारी परमजीत सिंह धनीराम शांडिल विनोद कुमार होशियार सिंह और अर्जुन सिंह ने भी अपने अपने क्षेत्र से संबंधित सवाल पूछे चर्चा प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार द्वारा लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान आज सत्तापक्ष और विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों को लेकर एक दूसरे को घेरा कांग्रेस सदस्यों ने जहां दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा का मामला सदन में जोर शोर से उठाया वहीं भाजपा विधायकों ने पूर्व कांग्रेस के समय प्रदेश में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया

उन्होंने पूछा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है चौहान ने ये भी कहा कि प्रदेश की नई आबकारी नीति को लेकर खुद भाजपा का छात्र संगठन विरोध कर रहा है उनका मानना है कि इस तरह की पॉलिसी प्रदेश के हित में नहीं है भाजपा सदस्य कर्नल इंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहित की नई योजनाओं से विपक्ष को पीड़ा हो रही है इसके चलते विपक्षी सदस्य नकारात्मक सोच में चले गए हैं भाजपा सदस्य अरूण कुमार ने कहा कि भाजपा में आम आदमी विधायक के पद तक पहुंच जाता है लेकिन कांग्रेस में परिवारवाद हावी है और इस कारण आम कार्यकर्ता आगे नहीं आ सकता

उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की दूरदर्शी सोच से ही हिमाचल आज शिक्षा स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ा है कांग्रेस के आशीष बुटेल ने कहा कि भाजपा सरकार में अनुसूचित जाति वर्ग के लोंगों के साथ भेदभाव हो रहा है और इसमें बढ़ोतरी हो रही है उन्होंने स्कूली वर्दी की गुणवत्ता पर सवाल उठाया और स्कूल बैग फटने का मामला भी उठाया चर्चा में विधायक प्रकाश राणा इंद्रदत्त लखनपाल परमजीत पम्मी और बलवीर वर्मा ने भी हिस्सा लिया महिला पोषण सशक्तिकरण केन्द्र व राज्य सरकार की महिलाओं पर केन्द्रित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाएं एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में मदद कर रही हैं इनमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी मातृ व शिशु मृत्य दर में कमी लाने और गर्भवती महिलाओं के सही पोषण में सहायक सिद्ध हो रही हैं चंबा जिला के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में मातृ शिशु बैठकों का आयोजन कर महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे बताया गया महिलाओं ने बताया कि बैठकों में उन्हें बच्चों के पोषण संबंधी तरीके सुझाए गए इस दौरान महिलाओं को राशन भी दिया गया और शिशुओं की जांच भी की गई

एक बयान में उन्होंने कहा कि हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों के निर्माण व सुधार पर करोड़ों रूपये की राशि खर्च की जा रही है